इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में उन्होंने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से सिराज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया ट्डे की स्टेट रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को स्वच्छता क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिलने पर खुशी जताई है उन्होंने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जबकि अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आज दूसरे दिन बर्फबारी होने से घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और सड़कों पर बर्फ जमने से सफर जोखिम भरा बना हुआ है उपायुक्त पंकज राय ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है कुल्लू पुलिस ने सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग मार्ग पर बर्फबारी के चलते पर्यटकों को सोलंग नाला न जाने की सलाह दी है मौसम विभाग ने आज उच्च व मध्यपर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है निजी स्कूल पंद्रह दिन में सुलझाएं फीस और फंड के मामले दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्राइवेट स्कूल वाट्सएप मोबाइल पर नहीं भेज सकेंगे फीस जमा करवाने का मैसेज हिमाचल दस्तक के शब्द हैं पीटीए से फीस अप्रव करवाएं प्राइवेट स्कूल दबाव बढ़ने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने की स्कूलों से मीटिंग भारत बंद पर दैनिक जागरण व आपका फैसला की एक जैसी सुर्खी है हिमाचल में नहीं दिखा बंद का असर दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री बोले प्रदेश में असफल रहा बंद पंजाब केसरी के अनुसार हिमाचल में किसानों के भारत बंद का ज्यादा असर नहीं

हिमाचल में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है अब छह से आठ फीसदी की दर से फीस वसूलेगी सरकार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू गोबिंदसागर झील में नाव पलटने से तीन युवक डूबे संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है

नमस्कार